जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही मिलेगी प्रवेश अनुमति

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ सतहत्तर नये मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पांच हजार दो सौ सैंतालीस हो गयी है अब तक दो हजार पांच सौ बयालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दरभंगा में एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से हो गयी इसके साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या इकतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अट्ठाईस नये मामले सिवान जिले में पाये गये इसके बाद मधुबनी जिले में उन्नीस मुजफ्फरपुर में तेरह रोहतास और मुंगेर में ग्यारह ग्यारह बक्सर में दस पटना और पूर्णिया में नौ नौ गया और सुपौल में छह छह तथा वैशाली बांका पश्चिम चंपारण कटिहार अररिया और नवादा जिले में पांच पांच नये कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक एक लाख दो हजार तीन सौ अठारह नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में कोरोना जांच कोन्द्रों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गयी है उन्होंने कहा कि अब तक तीन हजार सात सौ छप्पन प्रवासी कामगार कोरोना संक्रमित पाये गये हैं जबकि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ दो है देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ रही है संक्रमित लोगों में लगभग उनचास प्रतिशत लोग स्वस्थ हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस से स्वस्थ लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि भेदभाव करने से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर होगी

पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान दो शिफ्टों में खुलेगा चिड़ियाघर पहले शिफ्ट में सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े दस बजे तक मार्निंग वॉकर के लिए तक खुला रहेगा जबकि दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक अन्य लोगों के लिए खूला रहेगा इस दौरान जानवरों के क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी पार्कों में जाने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी विभाग ने लोगों को सेनेटाइजर और पानी की बोतल भी रखने की सलाह दी है पार्क में प्रवेश करने के पहले स्क्रीनिंग की जायेगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है

इसमें चार करोड सत्रह लाख रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार के अन्य अवसर ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सृजित किये गये हैं विभिन्न प्रदेशों से लौटे तेरह लाख से अधिक कामगार क्वारेंटाइन सेंटरों की अवधि पूरा करने के बाद अपने अपने घर लौट गये हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटरों रह रहे प्रवासियों की संख्या अब मात्र एक लाख तिरसठ हजार रह गयी है उन्होंने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटरों की संख्या छह हजार से कम रह गयी है प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर एक पखवाड़े और काम करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में पन्द्रह सौ छह विशेष ट्रेनों से इक्कीस लाख नौ हजार कामगार वापस लौटे हैं आज भी दो विशेष ट्रेनों से तीन हजार तीन सौ कामगार बिहार पहुंच रहे हैं राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों का निबंधन करवायेगी और उनके लिए रोजगार का अवसर भी उपलब्ध करायेगी श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके लिए विभाग ने विशेष पोर्टर्ल और एप्प लांच किया है उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत उद्योग विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों की स्कील मैपिंग करायी गयी है ऐसे मजदूरों का डॉटा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा जिसके माध्यम से नियोजन इकाइयों कुशल कामगारों की मांग कर सकते हैं श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार ने ईएसआई अस्पतालों में पच्चीस प्रतिशत बेड गरीब और प्रवासी कामगारों के लिए आरक्षित रखे जाने के लिए निर्देश दिया है केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टीके वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पूरा देश एकजुट है एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने कोरोना के खिलाफ जंग में देश के साथ एकजुटता से काम कर रही है

भाजपा कीहो विपक्ष की हो किसकी भी सरकार हो सब सरकारों ने अच्छा काम किया कैम्प लगायेऔर उनको रहने के लिये व्यवस्था की

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोनामहामारी के खिलाफ लड़ने के लिये मोदी जी के ऐलान को उठाया और लोगों के बीच में जाकरयह करा मैं पार्टी अध्यक्ष उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को ह्रदय सेबधाई देना चाहता हूं लाकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न उपायो और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है आकाशवाणी से बातचीत में सहरसा और पूर्णिया के किसानों ने कहा कि कृषि उत्पाद प्रोत्साहन कानून किसानों के हित में लिया गया कदम है

नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने चीनी का उत्पादन गन्ना किसानों का बकाया भूगतान एथनॉल उत्पादन और अन्य संबंधित मृद्दों पर विचार किया गया इस दौरान श्री पासवान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय पर करने के लिए अपेक्षित आदेश जारी करें उन्होंने कहा कि गन्ने की कूल बकाया राशि करीब छियासठ हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ रुपए में से करीब उनचास हजार दो सौ इक्यावन करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है केवल सत्रह हजार छह सौ तेरासी करोड़ रुपए बकाया है केन्द्र सरकार ने बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले सोन नदी पर प्रस्तावित पंड्का पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क बुनियादी ढांच कोषसीआरआईए से इसे बनाने की मंजूरी दी है इस प्रल के निर्माण पर तीन सौ पैंतालीस करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है शिक्षा विभाग ने चौरानवे हजार प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए संशोधित शिड्यूल जारी कर दिया है नियोजन के लिए अभ्यर्थी पन्द्रह जून से चौदह जूलाई तक नियोजन इकाइयों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं नियोजन की प्रक्रिया इकतीस अगस्त तक पूरी कर ली जायेगी

देश भर में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर दो लाख छियासठ हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब से थोडी देर पहले जारी बुलेटिन में कहा गया है कि इस महामारी से अबतक सात हजार चार सौ छियासठ लोगों की मौत हुई है

प्रदेश में लगभग ढाई महीने बाद ऑनलाईन दाखिल खारिज का काम शुरू हो गया है राजस्व विभाग के विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि अब अंचल स्तर से ही दाखिल खारिज का काम ऑनलाईन होगा सभी अंचलाधिकारियों को इस संबंध में काम शुरू करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है श्री पाठक ने कहा कि ऑनलाईन दाखिल खारिज से संबंधित काम के लिए दस्तावेजों की अपलोडिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव के बीच कल से फिर बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है इसका प्रभाव बुधवार को बिहार में देखने को मिलेगा राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में कल बारिश के आसार है और यह सिलसिला चार दिनों तक जारी रहेगा इस दौरान बिहार समेत झारखंड उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाला में आंधी के साथ तेज बारिश भी हो सकती है आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और उमस भरी गर्मी रहेगी उधर राजधानी का अधिकतम तापमन छत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा निगरानी जांच ब्यूरो ने पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी प्रखंड में एक मुखिया नरसिंह बैठा को घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है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

हिन्दुस्तान ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जून की आखिर में शारीरिक परीक्षा की तिथि होगी घोषित दैनिक जागरण ने शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर केन्द्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है पन्द्रह जुलाई के बाद होगा स्कूल खोलने पर फैसला दैनिक भास्कर ने दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में इलाज से जुड़े विवाद का शीर्षक लगाया है एलजी ने केजरीवाल का फैसला पलटा दिल्ली में अब सबका होगा इलाज प्रभात खबर की सुर्खी है अयोध्या में दस जून से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है रोजगार के अवसर पैदा करने को लगेंगे उद्योग

जिन लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही मिलेगी प्रवेश अनुमति